केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे भी इस तरह के किट पुलिस थानों को उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएं केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने पिछले हफ्ते राज्यों से दृष्कर्म जांच किट्स खरीदने और उन्हें पुलिस थानों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया था वीरेन्द्र कंवर प्रदेश में बीपीएल परिवारों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें आजीविका मिशन से जोड़ा जाएगा ये जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना में ज़िला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी

किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कांग्रेस नेताओं को विकास कार्यों में राजनीति न करने की नसीहत दी है धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्थानीय नगर निगम मेयर और अन्य नेताओं ने शहर के डिप्ओं में राशन की कमी को लेकर झूठी बयानबाज़ी की जबकि निरीक्षण में राशन की पर्याप्त उपलब्धता पाई गई है किशन कपूर ने कहा कि स्थानीय कांग्रेस नेता झठी बयानबाजी और लोगों को भ्रमित करने में माहिर हैं और इसके स्थान पर उन्हें निगम की व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राशन की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उत्पादों की गुणवत्ता भी सुधारी गई है भारद्वाज शिमला के जाखू स्थित नगर निगम पार्किंग के समीप व्यायामशाला का शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने नशे को समाप्त करने के लिए सभी वर्गों व संगठनों से एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया भारद्वाज ने कहा कि नशे का सेवन बडी समस्या बनता जा रहा है और युवा पीढ़ी इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रही है इस दौरान सनातन धर्म स्कूल शिमला में एक अन्य समारोह में उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सौ अभ्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पौधरोपण कार्यक्रम को सुनियोजित विकास के लिए ज़रूरी बताया है सोलन में आज एक पौधरोपण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पौधरोपण केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भविष्य के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का सजग प्रहरी बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है बिंदल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ वायु प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने में सहायक सिद्ध होगी उन्होंने इस अवसर पर जन समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश दिए जांच कांगड़ा की एक युवती की पिछले दिनों सर्पदंश के बाद टाण्डा अस्पताल में हई मौत की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक समिति गठित की है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बताया कि युवती की मौत के बाद कृछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए ये कदम उठाया गया है

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मानव जीवन बहमूल्य है और किसी को भी जिंदगी से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है मौसम राज्य में अगले दो दिन भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान से राज्य सरकार ने भी अलर्ट जारी कर प्रशासन को सचेत रहने को कहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा कि मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए संबंधित ज़िला उपायुक्तों को ्हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं इस बीच प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी वर्षा का क्रम रूक रूक कर जारी रहा

विधिक साक्षरता शिमला जिले की घैणी पंचायत में आज विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता न्यायिक दण्डाधिकारी मनीषा गोयल ने की उन्होंने लोगों से पंचायत स्तर पर मध्यस्थता के माध्यम से मामलों को निपटाने का आहवान किया उन्होंने संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों से भी लोगों को जागरूक किया